मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सूरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखे

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया

इसी दिन स्वतंत्र बाँग्लादेश का उदय हुआ था रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने टवीट में कहा है कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा और कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा उन्हें सम्मान के साथ याद रखेगा

यह कार्यक्रम हमारी बेवसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यूट्यूब चौनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर उपलब्ध होगा

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डॉमिनिक रॉब ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इस मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ अपनी हाल की टेलीफोन बातचीत का उल्लेख करते हुए कोविड पश्चात के विश्व में भारत ब्रिटेन साझेदारी के महत्व पर जोर दिया श्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार निवेश रक्षा शिक्षा ऊर्जा जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया केन्द्र सरकार ने साठ लाख टन चीनी निर्यात करने और किसानों को सब्सिडी देने का फैसला किया है सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने आज नई दिल्ली में बताया कि गन्ना किसानों के लिए केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने तीन हजार पांच सौ करोड़ रूपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है

कल दो सौ ग्यारह लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पतालों से छटटी दे दी गई राज्यभर में अबतक एक लाख नौ हजार तीन सौ बावन मरीज ठीक हो चुके हैं

इनमें एक हजार पांच सौ अठहतर सक्रिय मामले हैं राज्य में कल कोरोना के दो सौ नौ नए मरीज मिले हैं जबकि एक मरीज की मौत होने के साथ कुल मृतकों की संख्या एक हजार एक हो गई है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोनावायरस टीकों की किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया से निपटने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण के बाद कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक टीकाकरण सत्र में सीमित संख्या में टीकाकरण किए जाएंगे

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को हर संभावना से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है और उनसे प्रत्येक ब्लॉक में इस समस्या से निपटने के लिए कम से कम एक केंद्र स्थापित करने के लिए कहा है

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने रांची स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हए कहा कि मूल्यवृद्धि रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतें बराबर हो गई है

कृषि विज्ञान केन्द्र रामगढ़ के द्वारा डीबीटी बायोटेक किसान परियोजना के अंतर्गत मांडू प्रखण्ड के टकहा और जामुनदाहा गाँव में आज प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया इस आयोजन में किसानों के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना से आये कृषि वैज्ञानिक डॉ पवन जीत डॉ एन राजू सिंह एवं डॉ प्रेम कुमार सुन्दरम् ने पूर्वी पहाड़ी और पठारी कृषि जलवायू क्षेत्र में फसलों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति के लिए वर्षा जल प्रबंधन तकनीक के बारे में विस्तृत जानकारी दी

इस मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया है जिसकी शिनाख्त सबजोनल कमांडर दीपक यादव के रूप में की गई है

डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव की पहाड़ी में उग्रवादी जुटे हुए हैं इसके बाद पुलिस जांच अभियान चला रही थी तभी उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक उग्रवादी को मार गिराया जबकि अन्य उग्रवादी भाग निकले

सभी लड़कियों को आज सुबह हवाई जहाज से रांची लाया गया ये सभी लड़कियां पश्चिमी सिंहभूम और सरायर्कला खरसांवा जिले के विभिन्न इलाकों की रहने वाली हैं इससे पहले इन लडकियों ने राज्य प्रवासी कंटोल रूम में मुक्त कराने के लिए गुहार लगाई थी लड़कियों ने बताया था कि उन्हें अच्छे पैसे का लालच देकर कोयंबटूर ले जाया गया था लेकिन वहां उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था लड़कियों की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने इनकी वापसी के लिए पहल की

वीरेन्द्र मेहता चतरा जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र के रहने वाले थे इस मामले में उनके परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है मृतक का शव पुलिस वर्दी में बरामद किया गया है इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक अमिता लकड़ा ने बताया कि इस मामले में कुछ सुराग मिला है जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जायेगा चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर पिस्टल और चोरी की बाईक े क साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है पूछताछ के बाद चोरी की बाइक खरीदने वाले को भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया है चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में पूलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर दस लोगों को गिरफतार किया है पकड़े गये सभी अभियुक्त अवैध पोस्ता की खेती और अफीम तस्करी मामले में फरार चल रहे थे जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के बाद कार्रवाई की गई गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है पाकुड़ के बंद पड़े पत्थर खदान में आज धूल से लदा डम्फर गिर गया लगभग सत्तर फीट गहरे खदान में डम्फर के गिर जाने की सूचना मिलते ही हिरणपुर थाने की पुलिस पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया

करीब एक दर्जन हाथियों के इस झुंड ने तीन मवेशियों को भी मार डाला

वहीं दूसरी ओर वन विभाग के फॉरेस्टर प्रभात कुमार ने आज पत्रकारों को बताया कि जंगल से हाथियों का झुंड भाग गया है पीड़ित किसानों द्वारा आवेदन भी दिया गया है

इस दौरान उन्होंने रामगढ़ क्षेत्र के हुहवा गोरैया बस्ती जारा बस्ती सहित विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया साहिबगंज के एक निजी अस्पताल में आज सुबह आग लग गई

इस दौरान लोगों से तंबाकू छोड़ने की अपील की गई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज गोड़डा और महागामा में धरना दिया

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टैस्ट क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल एडिलेड में खेला जायेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दिन रात का यह मैच गुलाबी गेंद से खेला जायेगा पहले टैस्ट के बाद कप्तान विराट कोहली पारिवारिक कारणों से भारत वापस आ जायेंगे